रांची गिरिडीह दुमका और देवघर जिले से पुलिस ने पंद्रह अपराधियों को किया गिरफ्तार

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक और प्रशासन के साथ साथ राज्य की जनता के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है

यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया जो महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुडे कर्मियों को नुकसान पहुंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हए यह विधेयक लाया गया है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

इस योजना के तहत वैसे लोगों का हरा राशनकार्ड बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की योग्यता रखते हैं लेकिन रिक्ति नहीं रहने के कारण लाभ नहीं मिल रहा है इसका लाभ लेने के लिए पूर्व में आनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच करते हुए योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा

प्राप्त आवेदनों के सुपात्र लाभुकों का प्रार्थमिकता सूची का निर्धारण पंचायत सचिव संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किया जाएगा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में आदिम जनजाति परिवार विधवा परित्यक्त विकलांगकैंसर एडस पीड़ित कृष्ठ रोगी वृद्ध एकल परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अईसीएआर ने राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला कृषकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा देश के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब एक लाख पोषण किट भी वितरित किए गये महिला क षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुपोषण को जड़ से मिटाना आवश्यक है

लोग अपने विचार नमो एप या माइगोव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

श्री ठाक्र ने आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके मानदेय को बढ़ाएगी और सेवा विस्तार भी होगा उन्होंने कहा कि जल्द ही शुरू होने वाली पुलिस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने पर अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों को अलग से कुछ अंक देकर उनकी सेवा को स्थायी बनाने का भी किया जाएगा पलामू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूकता फैलाने एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ रवाना किया गया उपायुक्त के निर्देश पर सहायक से आज समाहर्ता सह प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत डीडीसी शेखर जमुआर तथा अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरि झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया मीडिया आउटरीच एंड एडवोकेसी कैंपेन के तहत यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्रूण हत्या और बाल विवाह के प्रति लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार करेगा

आयोग के बयान में ब्रॉड नाम कहा गया है कि एक हजार से अधिक कम्पनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रहे हैं और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्त कारों तथा आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं आयोग ने ऐसी कम्प नियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं रांची गिरिडीह द्दमका और देवघर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने पंद्रह अपराधियों को गिरफ़तार करने में सफलता हासिल की है रांची के कांके थाना पुलिस ने मेडिका अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट की लूटी गयी होंडा सिटी कार को बरामद कर लिया है मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं रांची जिले के ही चान्हो थाना से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है

जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि दो महीने के अंदर इन अपराधियों ने लूट की चार घटनाओं को अंजाम दिया था

दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है उधर देवघर नगर थाना क्षेत्र के जमुना जोर पुल के समीप हुई लूट मामले में नगर पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर आम लोगों के लिए खोले जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को जनहित याचिका दायर की हैं दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के बंद होने से स्थानीय लोग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है द्कानदार पूजा सामग्री तथा फल फूल विक्रेता नाव चालक और होटल दुकानदार के बीच जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में मॉनसून सामान्य रहा इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई सबसे अधिक साठ मिलीमीटर वर्षा खूंटी जिले के तोरपा में रिकॉर्ड की गयी